यह इस चुनाव का सबसे बड़ा चरण है

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की समय सीमा समाप्त हो गई

आज मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में या देश के किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाभ न पहंचा हो

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है विपक्ष की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है जबकि विपक्ष के पास विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी के मेरठ रैली में भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने किसानों पर दोतरफा प्रहार किया है

जयप्र में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हवामहल विधानसभा क्षेत्र में और संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने आदर्श नगर विधानसभा के बूथ में महासंपर्क अभियान शुरू किया प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सांगानेर विधानसभा में बूथ जनसंपर्क अभियान शुरू करने के बाद पत्रकारों को बताया कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं बताया जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा ही देष को उंचाइयों पर ले जा सकती है

मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अलावा इस बार राजस्थान दिवस समारोह को भी मतदाता जागरूकता से जोड़ा गया है आज श्रीगंगानगर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आज आयोजित मैराथन दौड़ के जरिये मतदाता जागरूकता संदेश दिया गया

सिरोही और भरतपुर में मानव श्रृंखला बनाई गई

बाड़मेर के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का पहला रेंडमाइजेशन किया गया साथ ही क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई

जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप यादव ने बताया कि जो मतदानकर्मी प्रषिक्षण कार्य में अनुपरिथत रहेंगे उनके विरूद्व कडी कार्यवाही की जायेगी

आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री नायड़ू ने कहा कि इसके लिए प्रकृति की जानकारी और विज्ञान की पूरी सूझबूझ विकसित करना जरूरी है

न्यायमूर्ति एमए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद ये तारीख मुकर्रर की न्यायालय उस दिन यह तय करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष भेजना जरूरी है या नहीं

राज्य के विभिन्न जिलों में शीतला माता के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड रही नागौर में मानासर स्थित शीतला माता मंदिर में ठंडे पकवानों का भोग लगाया नागौर के बस्सी मोहलला में डांडिया नाच किया गया

नागौर के नजदीक ताउसर गांव में डांडिया गैर नृत्य का भी आयोजन किया गया इसके साथ ही होली से शुरू डांडिया महोत्सव का आज समापन हो गया चित्तौडगढ में सुबह से ही शीतला माता मंदिर में महिलाओं का तांता लगा रहा टोंक सिरोही चुरू और आसपास के इलाकों में भी शीतला अष्टमी परम्परागत तरीके से मनायी गयी जयप्र के पास चाकसू में शील की डूंगरी में इस मौके पर मेला भरा

घटना इसी थाना क्षेत्र के दो युवकों द्वारा की गई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है